प्रदेश में टीकाकरण के लिये विशेष प्रबंध किये गये

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से कल से पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड उन्नीस का टीका लगवा सकेंगे चाहे उन्हें पहले से कोई बीमारी हो या नहीं पहली जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले पैदा हुए सभी व्यक्ति टीका लगवाने के पात्र हैं

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर मी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ब्रुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी

सुपर्णा सैकिया के साथ मूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश में अब तक सत्ताईस लाख से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है कल से पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के कोरोना टीकाकरण के लिये प्रदेश में विशेष प्रबंध किये गये हैं इधर राज्य में कोविड के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चार सौ पचपन हो गई है सबसे अधिक छह सौ दो मामले पटना में हैं इसके बाद एक सौ तेरह मामलों के साथ भागलपुर द्रसरे और सड़सठ मामलों के साथ जहानाबाद तीसरे स्थान पर है राज्य में अब तक दो लाख बासठ हजार से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत है इस बीच नीतीश सरकार ने पूरे राज्य में कोरोना जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं सरकार ने पीएमसीएच और एनएमसीएच प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अस्पताल के आपात वार्ड में आने वाले सभी बच्चों की कोविड जांच करें समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डाक्टर राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के आठ छात्र कोरोना संक्रमित पाये गये हैं कुलपति डाक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाये गये सभी छात्रों को विश्वविद्यालय के अस्पताल में आइसोलेट किया गया है वहीं बारह अप्रैल तक विश्वविद्यालय में आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है देश में अब तक छह करोड़ तीस लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये जा चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल उन्नीस लाख चालीस हजार से अधिक टीके लगाए गये इस बीच पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के तिरपन हजार से अधिक नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं इस दौरान इकतालीस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं कोविड से स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक एक प्रतिशत है वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या साढ़े पांच लाख से अधिक है देश में कोरोना संक्रमण का पहला मरीज मिलने के बाद से आकाशवाणी समाचार जागरुकता फैलाने में आगे रहा है आकाशवाणी समाचार ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरुकता श्रृंखला शुरू की इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित अस्पतालों के जाने माने चिकित्सक भाग ले चुके हैं और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर चुके हैं कल इस श्रृंखला की तीन सौ पचासवीं कड़ी प्रसारित की गई इसमें नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड उन्नीस कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने हिस्सा लिया और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए डॉक्टर पॉल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि पैतालीस वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कल से शुरू हो रहा टीकाकरण अभियान का चरण इस महामारी की रोकथाम में काफी प्रभावी रहेगा

तो उनकों अब आगे आके सरकार के अस्पतालो से या प्राइवेट के हॉसंपिटल से अपना टीकाकरण करवाना है जो जनमानस की जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे अब उसमें यह जिम्मेदारी भी जुड गई है कोई भी वजह नही कि आप टीका नहीं लगवाये सेफ हैं टीके आपकी जान बचा सकते हैं आपकी बीमारी सीरियस न हो यह बचा सकते हैं आप के द्वारा संक्रमण किसी परिवार जन हो नहीं होगा यह सिद्ध होता है तो इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी भी लीजिए अपने लिए भी और समाज की जिम्मेदारी के लिए भी देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर डॉक्टर वी के पॉल ने सभी लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया

हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बचाना है अगली पीढियों को बचाना है इसलिए मास्क को अपनाएं दो गज की दूरी रखें अपनी हाथ की और मुंह की सफाई रखें स्वच्छता रखें वैक्सीन जिन जिन के लिए अब उपलब्ध हो गया वो वैक्सीन अपनाएं इसे जल्दी अपनाइये ताकि चुरक्षित हो जाए और कोरोना के जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की उसको रोकने के लिए टेस्टिंग करेंगे कॉन्टेक्ट प्रेसिंग करेंगे ट्रेकिंग करेंगे और जो भाई बहन बीमार होंगे उनको हम अच्छी तरह से काउंटर करेंगे

साउंड बाईट रेडियो की जो पहुंच है वो बहत डीप है बहुत बहुत आगे तक है और हर वर्ग के व्यक्ति को ये मेसिजिंग करने में सक्षम होता है और उसमें आकाशवाणी को जो अपना नेटवर्क है तो उसमें मुझे तो एक मिशनरी जील दिखाई देती है और उस मिशनरी जील के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो ने जो भूमिका निमाई है उसका बड़ा योगदान है कोरोना के जन आंदोलन को बनाने में बढ़ाने में और लोगों तक ठीक जानकारी पहचाना सबसे बड़ी बात आप ये एश्योर करते हो कि जो बात आप पहचाएंगे वो कारगर होगी सच्ची होगी और सीधे जनसित की बात आप े करते हो स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निबटने के लिए विभाग ने अस्सी करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है इस राशि से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्रियों की खरीद की जायेगी श्री पांडेय ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार ने काफी हद तक सफलता हासिल की है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए विभाग अपनी तैयारियों को और मजबूत बना रहा है श्री पांडे ने आम लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड का टीका अवश्य लगाने की अपील की उन्होंने कहा कि कोविड का टीका पूरी तरह सुरक्षित है राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में पांच हजार से अधिक नये पदों की स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी बैठक में पैंतीस प्रस्ताव मंजूर किये गये बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि सबसे अधिक नगर विकास विभाग की ओर से गठित नगर निकायों के लिये पद स्वीकृत किये गये हैं वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला आईजीआईएमएस गृह विभाग विधि विभाग और पटना मेट्रो सहित अन्य विभागों में पदों को भरने की स्वीकृति मिली है वहीं पंचायत चुनाव के दौरान प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना से मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को तीस लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा आम चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी की सामान्य मृत्यु पर पंद्रह लाख का मुआवजा दिया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि कोन्द्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में इथनॉल उत्पादन को प्रारंभ करने का निर्णय किया है मंत्रिमंडल ने गोपालगंज स्थित एक चीनी मिल को इथनॉल इकाई की स्थापना की स्वीकृति दी है मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की ओर से एससीएसटी आवासीय विद्यालय निर्माण को भी स्वीकृति दी है श्री कुमार ने बताया कि राज्य को सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिये कैबिनेट ने चौहत्तर करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं वहीं सरकार ने बालू बंदोबस्ती की राशि पचास प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है इससे कल से प्रदेश में बालू महंगा हाने की संभावना है बजट सत्र के दौरान विधानसभा में हंगामा करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज कहा कि हंगामा करने वाले विधायकों ने सदन की गरिमा को कलंकित किया है उन्होंने कहा कि विधानसभा की आचार समिति इस बात की जांच कर रही है जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी दरभंगा हवाई अड़डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और यहां से विभिन्न राज्यों के लिये विमान परिचालन शुरू करने के लिये स्थानीय सांसद गोपालजी ठाकुर ने दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकरियों के साथ बैठक की बैठक में श्री ठाकुर ने प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुज कुमार से दरभंगा से रांची गुवाहाटी सूरत देहरादून जयपुर भोपाल भूवनेश्वर रायपुर और जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के लिये विमान परिचालन शुरू करने की मांग की राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी हवा के प्रभाव से मौसम श्रृष्क बना हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक नीरज चंद्रा ने बताया है कि अगले चौबीस घंटों में भी मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी

वे एक सौ तीन वर्ष के थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि द्वारिका सुंदरानी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था बोधगया में उन्नीस सौ चौरासी से ही मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन के जरिये सेवा करने वाले द्वारिका सुंदरानी को समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रतिष्ठित जमुना लाल बजाज प्रस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था इनका अंतिम संस्कार कल दोपहर बाद चार बजे बोधगया में किया जायेगा नवादा जिले के सदर प्रखंड के भदौनी पंचायत के गोंदापुर और खरीदी बिगहा गांव में पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान छह लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गयी है जबकि सात लोग गंभीर रूप से बीमार हैं बीमार लोगों को इलाज के लिये पटना रेफर किया गया है जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि दो लोगों की मौत डायरिया एक की मौत हार्ट अटैक और एक की अन्य बीमारी से मौत हुई है जबकि दो अन्य लोगों की मौत की जांच की जा रही है श्री मीणा ने बताया कि जहरीली शराब से मौत की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी बराज के समीप सोन नदी में ड्रबने से चार युवकों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों के अनुसार स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से सभी की मौत हो गयी गोताखोरों की मदद से चारों युवकों के शव बरामद कर लिये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके के दो बच्चों की बूढ़ी गंडक नदी में स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गयी बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के काफिले की गाड़ी से टक्कर में एक व्यक्ति की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग जाम कर नारेबाजी की बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया वहीं जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र के नहर बाजार और मंझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया वार्ड नम्बर बारह में आग लगने से आधा दर्जन से अधिक दुकानों और घर में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के हरिजन टोला में पंचायत चुनाव को लेकर हुई रंजिश में की गयी गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस मुखिया नीतू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है जमुई जिले में वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इक्कीस हजार पांच सौ बयालीस आवास निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गयी है उप विकास आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि अब तक तीन हजार पांच सौ उनासी आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है

प्रदेश में टीकाकरण के लिये विशेष प्रबंध किये गये